प्रधानमंत्री ने कहा है कि जहां भारत देशवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है वहीं वैश्विक महामारी कोरोना ने भी हमारे देश को अपनी चपेट में लिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को यह आशंका थी कि भारत कोरोना के असर से विश्व के लिए एक समस्या बन जाएगा लेकिन आज अपने विश्वास और लचीलेपन से देश के लोगों ने विश्व का नजरिया बदल दिया है प्रधामनंत्री ने कहा कि जनता ने यह साबित किया है कि भारतीयों की सामूहिक शक्ति और क्षमता विश्व के ताकतवर और सम्पन्न देशों की तुलना में कहीं अधिक हैं जयराम बघाई मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ये साल उपलब्धियों मरा रहा है जिसमें एक मजबूत जीवंत ऊर्जावान और आत्मनिर्मर भारत की नींव रखी गई है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राजनीतिक दूरदर्शिता और मजबूत नेतृत्व के कारण ही आज देश कोरोना जैसी महामारी के संकट से प्रभावी ढंग से निपट रहा है अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल सुधारों और उपलब्धियों भरा रहा है उन्होंने कहा कि इस दौरान अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिनमें से कई फैसले ऐसे हैं जो पिछले सत्तर सालों में राजनैतिक अस्थितरता इच्छा शक्ति की कमी या तुष्टिकरण की राजनीति को देखते हुए नहीं लिए गए थे

उन्होंने देश को सशक्त समर्थ व निर्णायक सरकार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है कांग्रे स इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने केन्द्र की एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर केन्द्र सरकार को आड़े हाथ लिया है

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जनता से बड़े बड़े वादे किए लेकिन जनता की उम्मीदों पर ये सरकार खरी नहीं उतर पाई राठौर ने कहा कि आज समाज धर्म के नाम पर विघटन की ओर जा रहा है उन्होंने कहा कि लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है जो चिंता का विषय है मेला कोरोना संकट के बीच सभी धार्मिक संस्थान बंद है और हर तरह के धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध है इसी के चलते इस बार ऊना ज़िला का ऐतिहासिक पिपलू मेला भी आयोजित नहीं किया जाएगा उपायुक्त संदीप कुमार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे इस बार अपने घरों पर ही पूजा अर्चना व प्रार्थना करें ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके उपायुक्त ने कहा कि मेले के लिए दो जून का स्थानीय अवकाश भी निरस्त कर दिया गया है शिविर सोलन में स्वास्थ्य विभाग व नगर परिषद ने नाई का काम करने वालों के लिए कोरोना को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया

वहीं दूसरी ओर चंबा जिला में भी जिला प्रशासन ने ब्यूटी पार्लर सैलून और नाई की दुकानें खोलने की तैयारी कर ली है इसी के मददेनज़र इससे व्यवसायियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान जिला रोजगार अधिकारी जिला श्रम अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के कर्भियों ने दुकानों में बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत करवाया स्ट्रॉबेरी सिरमौर जिला में लॉकडाउन के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा स्ट्रॉबेरी की खरीद से स्ट्रॉबेरी उत्पादकों को राहत भिली है

बाजार में स्ट्रॉबेरी की अच्छी कीमत और मांग के कारण लोग अब आड़ आलू बुखारा खूमानी के साथ साथ स्ट्रॉबेरी की खेती में भी रूचि ले रहे हैं